मुख्यमंत्री कोरबा मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कोरबा में भी केंद्रीय प्लास्टिक टेक्नोलॉजी संस्थान सीपेट खोलने की घोषणा की है उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है डॉक्टर सिंह ने आज स्काई योजना के तहत कोरबा में आयोजित मोबाइल तिहार कार्य क्र म को संबोधित करते हुए कहा कि सीपेट के खुलने से हजारों युवाओं को प्लास्टिक इंजीनियरिंग में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के बाद रोजगार के नए अवसर मिलेंगे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सीपेट के लिए नया भवन तैयार कर लिया है अगले महीने नए सीपेट का उद्घाटन कर दिया जाएगा इस मौके पर मुख्यमंत्री ने एक सौ छप्पन करोड़ रूपये से अधिक के बयालीस कार्यों का शिलान्यास तथा करीब सैंतालीस करोड़ रूपये के सोलह कार्यो का लोकार्पण किया कार्य क्र म में आठ हजार से अधिक हितग्राहियों को विभिन्न सामग्रियों का भी वितरण किया गया मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग का ख्याल रखा है और उनके लिए योजनाएं बनाई हैं प्रदेश में संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का जि क्र करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा स्वास्थ्य के साथ खाद्य सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता में है डॉक्टर सिंह ने स्काई योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना के तहत पचास लाख परिवारों को स्मार्ट फोन वितरित किया जा रहा है कोरबा जिले में एक लाख तीस हजार से अधिक हितग्राहियों को स्मार्ट फोन दिए जाएंगे उन्होंने कहा कि स्मार्ट फोन के माध्यम से बिजली बिल जमा करने से लेकर शासन की योजनाओं की जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है उन्होंने बताया कि बेहतर कनेक्टिविटी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सोलह सौ मोबाइल टॉवर भी लगाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री वीडियो कॉन फ्रें सिंग मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अधिकारियों को शराब और अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए राज्य के सरहदी इलाकों में कड़ी निगाह रखने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि यदि सीमावर्ती इलाकों सहित प्रदेश में कही भी अवैध शराब ले जाने वाला कोई वाहन मिले तो उसे तत्काल राजसात कर लिया जाए उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोचियाबंदी का सकारात्मक असर देखा जा रहा है फिर भी प्रशासन को चौकस रहने की जरूरत है डॉक्टर सिंह कल रात रायपुर में वीडियो कॉन् फ्रेंसिंग के जरिये रायपुर राजस्व संभाग के जिलों के कलेक्टरों की बैठक लेकर जनसंवाद परियोजना की समीक्षा कर रहे थे बैठक में मुख्यमंत्री ने पांच जिलों रायपुर धमतरी बलौदाबाजार भाटापारा महासमूंद और गरियाबंद के कलेक्टरों के साथ शासकीय योजनाओं के िक्र यान्वयन की समीक्षा की आईएएस तबादला राज्य सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए बस्तर सरगुजा और दुर्ग के संभाग आयुक्त सहित तीन जिलों के कलेक्टर भी बदल दिए हैं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कल देर शाम जारी आदेश के मुताबिक इक्कीस अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किए गए हैं बस्तर संभाग के आयुक्त दिलीप वासनीकर को दुर्ग संभाग का आयुक्त बनाया गया है वहीं बस्तर के कलेक्टर धनंजय देवांगन को बस्तर के ही संभाग आयुक्त का दायित्व सौंपा गया है कांकेर के कलेक्टर टामन सिंह सोनवानी को सरगुजा संभाग के आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है

उनकी जगह आर प्रसन्ना को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है बीजापुर के कलेक्टर अयाज तंबोली को बस्तर और ग्रामोद्योग विभाग के संचालक केडी कृंजाम को बीजापुर का नया कलेक्टर बनाया गया है स्वच्छ भारत अभियान प्रशंसा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता अभियान की प्रगति के लिए भारत की प्रशंसा की है प्र धानमंत्री नरें द्व मोदी ने देश में तेज गति से स्वच्छता अभियान चलाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से भारत की सराहना पर प्रसन्नता व्यक्त की है एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सफाई और स्वच्छता में देश की प्रगति पर संगठन की रिपोर्ट काफी उत्साहवर्द्वक है प्र धानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन की भूमिका लाखों लोगों का जीवन बचाने में महत्वपूर्ण है जीएसटी परिषद बैठक केंद्रीय वि त्ता मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर परिषद ने रुपे डेबिट कार्ड भीम आ धार यूपीआ ई और यूएसएसडी के मा ध्यम से भूगतान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है उन्होंने कहा कि समाज के गरीब वर्ग के लोगों के लिए कैश बैक ऑफर का यह प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है

मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर केएस शांडिल्य ने बताया कि आगामी निर्देश प्राप्त होने तक मीजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान को अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया गया है

शुरूआती लक्षणों को देखकर डॉक्टरों ने डेंगू की आशंका जताई थी ब्लड सेंपल लेने के बाद युवक का इलाज शुरू किया लेकिन देर रात उसकी मौत हो गई पिछले छह दिनों में भिलाई क्षेत्र के खुर्सीपार और छावनी में डेंगू से यह तीसरी मौत है भालू हमला बलौदाबाजार भाटापारा जिले के अमलीडीह गांव में आज एक भालू के हमले में पांच लोग घायल हो गए हैं घायलों में एक पुलिसकर्मी भी शामिल है मिली जानकारी के मुताबिक गिधौरी थाना क्षेत्र के अमलीडीह गांव में अचानक एक भालू घूस आया ग्रामीणों ने उसे भगाने की कोशिश की लेकिन भालू ने ग्रामीणों पर ही हमला कर दिया ग्रामीणों ने वन विभाग और पुलिस को इसकी सूचना दी इसके बाद वन विभाग की टीम ने भालू को पकड़ने को कोशिश की इसी दौरान भालू के हमले में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया

इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में माओवाद उन्मूलन के लिए प्रभावित क्षेत्र में स्थानीय युवाओं की बस्तरिया बटालियन बनाई गई है इस बटालियन में महिलाओं को भी शामिल किया गया है पेश है एक रिपोर्ट वाईस ओवर महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही है सैन्य सेवाओं में भी ये अपनी भागीदारी निभा रही हैं छत्तीसगढ़ की महिलाएं भी इसमें अग्रणी है प्रदेश के माओवाद प्रभावित क्षेत्र के लिए स्थानीय युवाओं की बस्तरिया बटालियन बनकर तैयार है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की इस बस्तरिया बटालियन में केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप महिला कमांडो अब माओवादियों से लोहा लेने के लिए तैयार है गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने स्थानीय लोगों को सुरक्षा बलों में नियुक्ति देकर माओवाद के खिलाफ अभियान शुरू किया है

इसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया है ये सभी स्थानीय जानकारी रखने के साथ ही वहां की भाषा भी जानती हैं

वहीं बस्तरिया बटालियन की इन महिला कमांडो का कहना है कि वे अपने क्षेत्र के हालात सुधारने के लिए हथियार थाम कर माओवादियों से मुकाबले करने के लिए तैयार है केंद्र सरकार माओवाद को जड़ मूल से खत्म करने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है बस्तरिया बटालियन और उसमें महिला कमांडो की नियुक्ति इसी दिशा में एक प्रयास है आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला मौसम मौसम विभाग ने आगामी अड़तालीस घंटों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश होने की खबर है राजधानी रायपुर में भी आज दोपहर बाद हल्की बारिश हुई रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पश्चिमी बिहार और समीपवर्ती क्षेत्र के अलावा दक्षिण ओडिशा तथा आसपास समुद्री तल के ऊ पर वायु का एक च क्र वाती घेरा बना हुआ है इसके असर से प्रदेश में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं या हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है

इस हादसे में मोटरसाइकिल में सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया

इस दौरान अनुपस्थित मिले पच्चीस शिक्षकों को नोटिस जारी कर एक एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए